पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि अगले वर्ष पर्यटन निगम म्नाफे में आ जायेगा हरियाणा सरकार ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ शिल्पकारों की सूरजकृंड मेले में शमूलियत के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगी केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसी भी नागरिक को नागरिकता संशोधन कानून से घबराने की जरूरत नहीं है

वे आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के बाद बोल रहे थे

सरकार सभी छात्रों के मुद्दों को सुनती है और उनके प्रति संवदेनशील है श्री जावड़ेकर ने कहा कि अगर छात्रों को कोई परेशानी है तो उनके लिए सरकार के दरवाजे हमेशा ख्ले है उन्होंने कहा कि शांति हर समस्या का समाधान है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि एयर कंडीशनर के मूल तापमान को नियंत्रित करने के मुद्देपर जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक ब्लायेगी उन्होंने कहा कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर बनाने वाली कपंनियों के सथ जल्दी ही विचार विमर्श किया जायेगा आज नई दिल्ली में सतत विकास पर आयोजित सममेलन में श्री जावड़ेकर ने कहा कि ए सी के मूल तापमान को नियंत्रित करने से न केवल बिजली की बचत होगी बल्कि ये पर्यावरण के अन्कुल भी है

मंत्री ने यह भी कहा कि अगले दो से तीव वर्षो में पराली जलाने की समस्या पूरी तरह से हल कर ली जायेगी श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार इन उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो वाय् जली और प्रदूषण को रोकने के लिए नियमों का पालन नहीं करते

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल के पिता कैप्टन श्री करण सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री करण सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे वह वेंदाता अस्पताल में भर्ती थे जहां कल रात को उनका निधन हो गया म्ख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए दिवगंत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है हरियाणा प्लिस ने देश के क्छ हिस्सों से हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को न्कसान पहंचाने की घटनाओं के मद्देनजर राज्य भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं कानून एवं व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अतिरिक्त प्लिस महानिदेशक श्री नवदीप सिंह विर्क ने आज पंचकूला में बताया कि हरियाणा प्लिस किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है सभी पूलिस आयुक्तों और जिला पूलिस अधीक्षकों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक एहतियाती व निवारक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है जिला नृंह में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर एक प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के संबंध में श्री विर्क ने बताया कि राज्य पुलिस बल प्री तरह सतर्क है

हरियाणा पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन ने आज चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकारवार्ता मे यह जानकारी दी उन्होंने बतायाकि विरासत मेले का उदघाटन पर्यटन मंत्री श्री कंवल पाल करेंगे पत्रकार वार्ता के दौरान पिंजौर विरासत मेले का पोस्टर भी जारी किया गया है

मेले के दौरान घोडी नृत्य भांगड़ा हिमाचली नाटी समेत कई तरह के नृत्यों की प्रस्त्ति भी होगी उत्सव के पहले दिन पंजाब लोक गायक जसबीर सज्सी और दूसरे दिन सुप्रसिदव बालीवुड गायिका मध्श्री अपनी गायकी से पर्यटकों का मनोरंजन करेगी

देश के विभिन्न हिस्सो से शिल्पकारों को अपने हथकरघों और हस्त शिल्प को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया गया है उत्सव मे आने वालेलोग मिट्टी के बर्तनों के साथ पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर राजस्थान हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों के हस्त शिल्पियों द्वारा बनाये गये परिधान भी यहां खरीद सकेंगे श्री विजय वर्धन से पहले पर्यटन विभाग के प्रबंध निदेशक विकास यादव ने भी पत्रकारें को सम्बोधित किया बाद में पर्यटन विभाग के चेयरमैन रंधीर गोलन ने बताया कि सरकार विभिन्न मेलों व उत्सवों का आयोजन प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण के लिए करती है जिससे पर्यटन को पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन ने कहा है कि सरकार ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्तक्षर कर रही है जिसके तहत ब्रिटिश शिल्पकार सुरजकंड मेले मे शिरकत करेंगे और हरियाणा के शिल्पकार इंग्लैंड में जायेंगे उन्होने आज चंडीगढ़ में एक प्रेसवार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हये यह जानकारी दी श्री विजय वर्धन ने कहा कि कि यह पहली बार होगा जब स्रजकंड मेले में किसी यूरोपीय देश की भागीदारी होगी